पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस यात्रा को रवाना करने के लिए उज्जैन पहंच गये हैं उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की श्री शाह जनसभा को संबोधित करने के बाद रथयात्रा को रवाना करेंगे पचपन दिनों तक चलने वाले इस रथयात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य के सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्रों में पहंचेंगे श्री चौहान इस दौरान आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनसे आशीर्वाद लेंगे

श्री सिंह ने कल रात रतलाम में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पृछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही

यदि ये सारे लोग एक हो जाएं तो परिणाम पूरी तरह बदल जाएंगे मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में श्री सिंह का कहना था कि प्रर्देश की जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ जबर्देस्त नाराजगी है और चुनाव नतीजों में यह देखने को मिलेगी प्रशिक्षण शिवपुरी जिले की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी पच्चीस एग्रीकल्चर सीआरपी महिलाओं का दल कल उत्तरप्रदेश रवाना हुआ है महिलाओं का ये दल यूपी में विभिन्न ब्लॉक में जाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां की समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा बैतूल नियंत्रण बैतूल जिले के आठनेर में एक लापता युवक का शव मिलने पर फैले तनाव के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं शुक्रवार के बाद से अब तक आठनेर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है

शव मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश था अभिनव पहल अमरकंटक में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभिनव पहल की शुरुआत की गई है इसके तहत प्रसाद के रूप में माँ नर्मदा नदी को हजारों पौधे अर्पित किये जा रहे हैं समी पौधों को गोबर से तैयार एक गमले में रखा गया है नर्सरी में तैयार इन पौधों को आस्था से जोड़ा जा रहा है इसे श्रद्वालु प्रसाद के तौर पर पौधे खरीदकर उसे ग्रहण कर सकेंगे इन पौधों को जिस गमले में रखा गया है वह गोबर से तैयार किये गये हैं इससे गोबर की उपयोगिता बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा

इस दौरान ग्वालियर चम्बल संभाग और झाबुआ अलीराजपुर धार देवास इंदौर होशंगाबाद बैतूल हरदा विदिशा और रायसेन जिलों में अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारों के अलावा कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है राजधानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे हल्की से मध्यम और तेज हवाओं के साथ तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं

स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों का उपचार कर रही है